प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रैली को करेंगे संबोधित

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है

आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिलें तो मुझे बहुत खुशी होगी श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है

अनेकों डिपार्टमेंट्स दर्जनों हॉस्टल्स हजारों टीचर्स प्रोफेसर्स लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिन्दी भी अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है एएमयू के कैंपस में श्एक भारत श्रेष्ठ भारतश की भावना दिनोंदिन मजबूत होती रहे श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है

उर्दू अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर काफी अधिक थी और यह स्थिति सत्तर वर्षों तक बनी रही जो समाज के विकास में एक बड़ी समस्या थी

नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और शैक्षणिक माहौल को प्रतिस्पर्धी बनायेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित नहीं हो सकेंगी श्री निशंक देश भर के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पूर्व की तरह इस बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी के बाद विचार विमर्श कर परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी नये कृषि कानूनों के समर्थन में पच्चीस दिसम्बर को किसान रैली का आयोजन करेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पर होने वाली इस वर्च्यअल रैली को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण राज्य के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों और सभी प्रखंडों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जायेगा उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक तिरानवे विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल का आयोजन हो चुका है उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों ने कृषि सुधारों के प्रति अभूतपूर्व समर्थन दिखाया है और अब तक लगभग ढ़ाई लाख किसान विभिन्न सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं राज्य के किसानों को नये कृषि कानूनों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से लगातार किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है इस सिलसिले में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नवादा के वारिसलीगंज में किसान चौपाल को संबोधित किया उन्होंने कहा कि नये कानूनों से कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार होंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धी में आयोजित समारोह में कहा कि नये कानूनों से किसान नहीं बल्कि बिचौलिये नाख़श हैं इधर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रिवाल ने सारण जिले के एकमा और राज्य सरकार में मंत्री मंगल पांडेय ने वैशाली जिले के पातेपुर में किसान चौपाल को संबोधित किया राज्य सरकार ने राज्य खाद्य निगम को धान खरीद के लिए छह हजार करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इसके अलावा ऋण गारंटी के लिए पैंतीस सौ करोड़ रूपये को भी मंजूरी मिली है साथ ही गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत बहेरा में ओपी के सूजन और विभिन्न अदालतों में एक सौ अठाईस अराजपत्रित पदों के सूजन को भी मंजूरी दी गयी मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है विभाग ने इसे देखते हुए अॅरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम पूर्वानूमान में कहा गया है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों तक मौसम के रूख में कोई परिवर्तन नहीं होगा

प्रदेश में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब केवल चार हजार सात सौ तीस रह गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ सतहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इकतालीस हजार नौ सौ पैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव पांच चार प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में चार सौ संतानवे नये मामलों की भी प्रष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार अट्ठाईस हो गयी है आज सबसे अधिक एक सौ पैंसठ नये मामले पटना से सामने आये हैं वहीं एक दिन में इस वैश्विक महामारी से चार लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ बासठ हो गया है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीस हजार से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए हैं स्वस्थ होने वालों का आंकडा छियानवे लाख छत्तीस हजार से अधिक हो गया है वर्तमान में देश में संक्रमण के दो लाख बानवे हजार सक्रिय मामले हैं नई दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ ए के वार्ष्णेय ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से सरकार द्वारा सुझाये गये सभी निर्देशों का पालन करने मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है

इसलिए उन्होंने प्रोसेस किया है कि अभी ये हाईली इंफेक्टिड वायरस है और इसी के मद्देनजर फिर से जो है वो लॉकडाउन वाली स्टेट उन्होंने लगायी है इतना डरने वाली बात नहीं है वही चीजें फिर हमें करनी पड़ेंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लगातार इस्तेमाल करना है

जब भी हम जायेंगे सामाजिक दूरी बनाकर रखना है हाथों की सफाई पर ध्यान रखना है अगर हम ये सब चींज करेंगे तो वायरस की कोई भी स्टेट हो उससे हम बचाव कर सकते है राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को डेढ़ लाख रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पदाधिकारी एक खाद बीज व्यवसायी से दुकान की अनुज्ञप्ति बनवाने के एवज में घूस ले रहा था सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र से माकपा विधायक डॉक्टर सत्येन्द्र यादव को वाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है प्रलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है पूर्व मध्य रेलवे ने पटना एर्नाकुलम और भागलपुर यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को नौ जनवरी तक रद्द कर दिया गया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रख रखाव कार्यो के कारण अठाईस दिसम्बर से इन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा उन्होंने बताया कि कामख्या आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह के चार दिन ही होगा पहले इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह के सातों दिन होता था

आज ही के दिन वर्ष दो हजार तीन में मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था समारोह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया अपने संबोधन में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मैथिली भाषा की मध्ररता लोगों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है वहीं दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार आंचलिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है नई शिक्षा नीति में अपनी मात्रभाषा में बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो एक महत्वपूर्ण पहल है समारोह को संत गोविंदानंद जी महाराज समेत कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के सैंकड़ों मैथिली भाषी शामिल हो रहे हैं बेगूसराय जिले के सिंघौल चौकी क्षेत्र के उलाव गांव में दो गुटों के बीच हुए भूमि विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्यारे को पीट पीट कर मार डाला पुलिस मामले की जांच कर रही है

वहीं कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने सात शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के नोखा से भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी है भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा गांव के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एसएसबी के एक जवान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया

पुलिस मामले की जांच कर रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रैली को करेंगे संबोधित